हजारीबाग दुमका और पलामू के चिकित्सा महाविद्यालयों में भी कोरोना संक्रमण की होगी जांच

कल यहां से तीन नए मामले सामने आए हैं इस तरह हिंदपीढ़ी से अब तक सत्रह कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं

संक्रमण से अब तक चार सौ बावन लोगों की मृत्यु हुई है ग्यारह हजार छह सौ सोलह लोगों का इलाज चल रहा है एक हजार सात सौ छियासठ रोगियों को ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छट्टी दे दी गयी है

संक्रमण के अधिक मरीज वाले राज्यों और जिलों में पांच लाख रैपिड एंटीबॉडी जांच किट वितरित की जा रही हैं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

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव और सचिव के साथ कोरोना संकट और उससे निपटने के उपायों को लेकर अहम बैठक की मुख्य सचिव ने कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर चिन्हित किए गए लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त सरकारी क्वारेंटाइन केंद्रों में रखे जाने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि क्वारेंटाइन और कैंप में रहने वाले मजदूरों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी मजदूरो के लिए लांच किए गए झारखंड सहायता एप्प के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरुक करने की पहल की जाए ताकि उनकी पहचान कर उन्हें सहायता पहुंचाई जा सके मुख्य सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर घोषित रेडजोन नॉन हॉट स्पॉट जोन और ग्रीन जोन की स्थिति लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लाखों मजदूरों के राज्य वापसी उन्हें कैंप में रखे जाने उनकी स्वास्थ्य जांच और विद्यालयों महाविद्यालयों और अस्पतालों समेत अन्य सरकारी परिसरों में क्वारेंटाइन केंद्र बनाने के विकल्पों पर विस्तार से चर्चा हुई लॉकडाउन के मद्देनजर गरीबों और जरुरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं इस सिलसिले में पंचायत स्तर पर चल रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन को अब सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके कृषि मंत्री बादल ने बताया कि पंचायत की बजाय विद्यालय स्तर पर मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन करने से संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है इन विद्यालयों में मध्याह भोजन योजना की वजह से भोजन बनाने से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉकडाउन में कई निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल फीस लिए जाने के मामले में राज्य सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करने और उसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि झारखंड के कई विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा शुल्क माफ करने और परीक्षा केंद्र बदले जाने के अलावा लंबित वेतन भगतान से संबंधित मामले प्रधानमंत्री कार्यालय में आये हैं इसी को लेकर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है इधर झारखंड पुलिस के टिवटर पर निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों पर नामांकन शल्क जमा करने के लिए दबाव बनाने संबंधी कई शिकायतें मिली है

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है मुख्य न्यायधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन के बार बार उल्लंघन होने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज एक जनहित याचिका पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब हॉटस्पॉट बन चुका हिंदपीढ़ी का इलाका पूरी तरह सील है तो लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं इस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं अथवा नहीं एक मंत्री के आदेश पर लोगों को बस से पाकड तथा अन्य जिलों में भेजे जाने और रांची के उपायुक्त के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है महाधिवक्ता राजीव रंजने ने अदालत को बताया कि केंद्र से पच्चीस हजार पीपीई दस हजार जांच किट और तीन हजार वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है अदालत ने इन सभी मामलों पर सरकार से चौबीस अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है अदालत ने रमजान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए की जा रही तैयारियों की भी जानकारी सरकार से देने को कहा है कोरोना संक्रमण से बचाव में आरोग्य सेतु एप्प काफी कारगर साबित हो रहा है इस एप से कोरोना महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को सुलभ हो रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देषवासियों से इस एप्प को डाउनलोड करने का आग्रह किया है

वहीं श्वेता बगेड़िया ने कहा कि इस एप को खुद भी डाउनलोड किया है और दूसरे को भी जागरूक कर रहे हैं हजारीबाग दमका और पलाम के चिकित्सा महाविद्यालयएवं अस्पताल में भी कोरोना की जांच शुरू होगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को यह निर्देश दिया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि इन तीनों चिकित्सा कॉलेजों में बीएसएल स्तर दो के लेबोरेट्री सेटअप की तैयारी शुरू कर दी गई है इस बाबत इन तीनों जिलों के उपायुक्तों से लेबोरेट्री के लिए जरुरी संसाधनों का ब्योरा दो दिनों के अंदर देने को कहा गया है ताकि उसे यहां उपलब्ध कराया जा सके लॉकडाउन को देखते हुए पाक्ड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित हिरानंदपुर पंचायत में दर्जनों युवकों की टीम गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचा रही है

इससे पूर्व वे राज्यपाल के परिसहाय के पद पर थे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

वहीं खेलगांव रिथत आइसोलेशन केंद्र से तिरपन लोगों को छुट्टी दी गई है